राज्यभर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू सुरक्षा के एहतियाती उपाय कड़े किये गये केवल आवश्यक सेवाएं जारी राज्य सरकार ने कोविड अस्पतालों के लिए दो हजार एक सौ चौबीस ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ायी

शुरुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें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 हाथ और मुंह साफ रखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जलवायू पर विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे दो दिवसीय शिखर सम्मेलन वर्चअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा

प्रधानमंत्री को इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आमंत्रित किया था

सम्मेलन के दौरान विश्व नेता जलवायु परिवर्तन जलवायु कियाकलाप बढ़ाने जलवायु शमन और अनुकूलन प्रकृति आधारित समाधान जलवायु सुरक्षा के साथं साथ स्वच्छ ऊर्जा के तकनीकी नवाचारों के लिए धन जुटाने पर विचार विमर्श करेंगे राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अभियान आज से शुरू हो गया है सड़कों में बिना जरूरत वाले लोगों की आवाजाही कम हो गयी है सभी जिलों में प्रशासन पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और कार्यालय बंद रहेंगे एयर रेलवे बस सेवाएं जारी रहेंगी यात्रियों को अपना पहचान पत्र दिखाकर यात्रा करेने की स्वीकृति दी जायेगी इसके अलावा इस दौरान जो चीजें खुली रहेंगी उनमें दवा दुकानें हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों फल सब्जियों अनाज दूध और डेयरी प्रोडक्ट पशु चारा और खाने पीने की दुकानें मिठाई की दुकानें जन वितरण प्रणाली की दुकान पेट्रोल पंप एलपीजी और सीएनजी आउटलेट ग्रॉसरी एफएमसीजी स्टोर शामिल हैं होटल और रेस्टोरेंट भी खर्ल रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी वहीं नेशनल और स्टेट हाईवे पर ढाबे खुले रहेंगे सभी प्रकार के माल की दलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी यैसी सभी द्रकानें जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़ी हैं खुली रहेगी सामानों की दलाई की अनुमति दी गई है क्रषि और इससे जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी खेतीबाड़ी के सामान की दुकाने खुली रहेंगी औद्योगिक खनन गतिविधियां भी जारी रहेगी इस दौरान सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे लेकिन लोगों के प्रवेश पर अनुमति नहीं होगी

कपड़ा दुकान इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान आदि बंद रहेंगे

किसी प्रकार के जुलूस और रैलियां नहीं होंगी सभी स्कूल कॉलेज आईटीआई स्किल डेवलपमेंट सेंटर कोचिंग संस्थान ट्यूशन क्लार्सस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेगे सभी परीक्षाओं पर रोक रहेगी सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेगे सभी मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स स्टेडियम जिम स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे

इस अवधि में केवल आवश्यक वस्तु की दुकानें ही खुली रहेंगी

वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आरंभ होते ही अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर शेष अन्य सभी तरह की सेवाओं को जिला प्रशासन ने बंद करा दिया है झारखंड में बधवार को पिछले एक साल में अबतक सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पृष्टि हई राज्य के विभिन्न जिलों में कल रात नौ बजे तक जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार कोरोना के पांच हजार इकतालीस नए संक्रमित मरीज मिले

मनरेगा से झारखंड के नौ प्रखंडों में इस बार डोभा निर्माण की स्थिति अच्छी नहीं है

अधिकांश प्रखंडों में एक से पांच प्रतिशत तक ही काम हुआ है

दो हजार तीन सौ चौवन डोभा निर्माण पर काम जारी है बारिश के पहले सारी योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश सभी जिलों के डीडीसी को दिया गया है

राज्य सरकार ने पूरे राज्य में दो हजार एक सौ चौबीस ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ा दी है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाये हुए है मरीजों की पूरी सहायता मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि क्छ राज्यों में बढ़ते कोविड संक्रमण से नये रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है केन्द्र सरकार ने इन राज्यों के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है ये राज्य महाराष्ट्र दिल्ली मध्यप्रदेश हरियाणा उत्तरप्रदेश पंजाब आंध्रप्रदेश और उत्तराखंड हैं

देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्वि हो रही है

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि घर या अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहे अधिकांश लोगों को किसी विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं पडती है लेकिन उन्हें घबराहट होती है उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण वाले केवल कुछ प्रतिशत लोगों को ही रेमडेसियिर इंजेक्शन की जरूरत पडती है

वहीं मेदांता अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि कोविड मामलों में कम ही लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है लोहरदगा जिले में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर लोग काफी सजग हैं

देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है

इसमें पहला डोज और दूसरा डोज का टीका लगाने वाले शामिल हैं जामताड़ा के पत्रकार आश्रतोष चौधरी का आज निधन हो गया हमारे जामताड़ा संवाददाता ने खबर दी है कि श्री चौधरी उदलबनी कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए भर्ती थे जहां आज उनका निधन हो गया